उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने शिमला के गेयटी थियेटर में पुस्तक मेले का किया शुभारंभ ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में छठी राष्ट्रीय ड्यू बॉल प्रतियोगिता शुरू मारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए प्रदेश में तीन हजार स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं शुरू की जाएंगी कांगड़ा जिला के देहरा निर्वाचन क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिहन में एक समारोह में उन्होंने ये जानकारी दी

सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और अपने सहपाठियों को मी इस बुराई से बचने के लिए प्रेरित करने को कहा शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों से छात्रों को गुणात्मक शिक्षा के लिए नैतिक शिक्षा देने को कहा प्रतिनिधिमंडल उत्तर भारत टैक्सी मैक्सी कैब ऑपरेटर्स और लग्ज़री बस ऑपरेटर्ज़ संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने वन व परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मेंट की मुख्यमंत्री ने समी सदस्यों को उनकी विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया इस बीच प्रदेश पथ परिवहन निगम चालक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल भी अध्यक्ष मान सिंह राणा और प्रधान सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संघ की विभिन्न मांगों से अवगत कराया मुख्यमंत्री ने उनकी जायज़ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया

वे आज कुल्लू के शाढ़ाबाई में कृषि विमाग के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जैविक खेती को विशेष रूप से बढ़ावा दे रही है उन्होंने किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रेरित करने का आहवान किया

करीब पांच सौ करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक सुबोध डाकवाले ने शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल में शुरू होने वाली अपनी तरह की ये पहली परियोजना पूरी तरह पर्यावरण मित्र होगी

सुबोध डाकवाले ने बताया कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने में इंडियन ऑयल अपना योगदान दे रहा है

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पंजाब कार्यालय के मुख्य महाप्रबधक संदीप जैन ने बताया कि ऊना में बनने वाले अत्याधुनिक टर्मिनल से जहां औद्योगिक विकास को बल मिलेगा वहीं राज्य में ईंधन की उपलब्धता में सुधार आएगा

धर्मशाला से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि इस अवधि में होटल मालिकों ने अगर अवैध निर्माण को नहीं गिराया गया तो बिजली व पानी के कनैक्शन काट दिए जाएंगे नगर निगम आयुक्त संदीप कदम ने बताया कि इस संदर्भ में नियमों को पूरा न करने वाले होटल संचालकों को नोटिस दिए गए हैं और इनकी छानबीन के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी उल्लेखनीय है कि मैक्लोड़गंज व धर्मशाला में करीब तीन सौ छोटे बड़े होटल हैं और अब तक इनमें से डेढ़ सौ होटलों के बिजली व पानी के कनैक्शन काट दिए गए हैं इस कार्रवाई का पर्यटन सीज़न पर विपरीत असर पड़ रहा है वीरेंद्र कश्यप सांसद व भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में समिति की एक बैठक आज शिमला में हुई

वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि इन गोदामों के कार्यशील होने पर प्रदेश में कम से कम चार माह के लिए खाद्यान भंडारण की व्यवस्था हो जाएगी समिति प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति आज से पांच जिलों शिमला किन्नौर लाहौल स्पिति कुल्लू व मंडी के प्रवास पर है सभापति रमेश धवाला की अध्यक्षता में ये समिति इन जिलों में पिछले तीन वर्षों में हर विभाग द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं कार्यो और बजट प्रावधान पर विचार विमर्श करेगी समिति विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी करेगी पुस्तक मेला उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने शिमला स्थित गेयटी थियेटर में आज प्रस्तक मेले का शुभारंभ किया इस मौके उन्होंने कहा कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र हैं और ये हमारा मार्गदर्शन करती है विकम ठाकुर ने कहा कि असख्य हस्त लिखित ग्रंथ विभिन्न सग्रहालयों पुस्तकालयों व विद्वानों के निजी सग्रहों में आज भी संरक्षित हैं उन्होंने युवा पीढ़ी से पुस्तकें पढ़ने में और अधिक रूचि लेने को कहा ताकि वे अपना भविष्य संवार सकें विक्रम ठाकुर ने विभिन्न प्रकाशनों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया पुस्तक मेले के संयोजक व ओकार्ड इंडिया के निदेशक राकेश गुप्ता ने बताया कि मेले में लेखकों को सम्मानित भी किया जाएगा भाषा व संस्कृति विभाग की सचिव पूर्णिमा चौहान ने बताया कि इस दौरान अकादमी द्वारा लोक साहित्य लोक कला पहाड़ी भाषा संगोष्ठी और हिन्दी कहानी व कविता पाठ का आयोजन भी किया जाएगा

गोबिंद ठाकुर परिवहन व खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा है कि सरकार प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है वे आज सोलन में अंतर्राष्ट्रीय रैस्लर द ग्रेट खली द्वारा सात जुलाई से आयोजित की जाने वाली रैस्लिंग प्रतियोगिता के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे गोबिंद ठाकुर ने कहा सरकार राज्य में हर माह विभिन्न खेल गतिविधियां आयोजित करने पर विचार कर रही है और सितम्बर माह में खेलो हिमाचल नामक आयोजन किया जाएगा उन्होंने अधिकारियों भाजपा पदाधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से रैस्लिंग प्रतियोगिता को सफल बनाने का आहवान किया इस मौके ग्रेट खली ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना और नशे से बचाना है ड्यू बॉल उधर ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आज शुरू हुई छठी राष्ट्रीय ड्यू बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ चिंतपूर्णी के विधायक बलवीर चौधरी ने किया इस मौके उन्होंने कहा कि युवाओं में खेलों के प्रति रूझान बढ़ रहा है और सरकार खेल के मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है

इसके अलावा भारत और जिम्बाब्वे के बीच भी ड्यू बॉल श्रृंखला भी खेली जाएगी प्रदेश भाजपा और ड्यू बॉल संघ के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस दौरान मौजूद रहे इससे पहले इन खिलाड़ियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान के तहत जन जागरूकता लाने के लिए ऊना में रैली निकाली जिसे उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने हरी इांडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने जागरूकता रैली के माध्यम से सभी वर्गो से कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई से दूर रहकर बेटियों को अच्छी शिक्षा देने का आह्वान किया ग्राम्फू सड़क लाहौल स्पिति जिले में ग्राम्फू बातल सड़क की खराब हालत से पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि पर्यटन स्थल चंद्रताल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है मगर सड़क की खराब हालत से पर्यटक मायूस होते हैं इस बीच पर्यटकों ने भी सरकार से इस सड़क को जल्द सुधारने की मांग की है ताकि यहां पहुंचने में उन्हे कोई कठिनाई न हो फिल्म पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह में हिन्दी फिल्म तुम्हारी सुल्लू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है नायिका विद्या बालन ने इसमें ऐसी गृहणी की भूमिका अदा की है जिसे रेडियो जॉकी का काम मिल जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इरफान खान को फिल्म हिन्दी मीडियम में दिल्ली के अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराने की कोशिश कर रहे पिता के अभिनय के लिए दिया गया है श्रीदेवी को मॉम फिल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया

ये अवार्ड उन्हें आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वास्थ्य व सुंदरता में सराहनीय कार्य करने के लिए दिया गया है राम शर्मा आयुर्वेद के कई उत्पादों का व्यापार करते हैं और देशमर में इसके माध्यम से लाखों लोगों को स्वस्थ जीवन दिया है इससे पहले उन्हें अंतर्राष्ट्रीय युवा व्यवसायी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है